भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जयप्र में शुरू कल समापन समारोह में भाग लेने आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश में कई स्थानों पर तेज बारिश नदी नाले उफान पर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुछ देर बाद बहस का जवाब देंगे

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनडीए सरकार की उपंब्धियां गिनाई

इससे पहले बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने लोगों से केवल बड़े बड़े वायदे ही किए

बहस शुरू होने से पहले बीजू जनता दल के सदस्य सदन से उठकर चले गये इस बीच शिवसेना ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने का फैसला किया है

यह कदम व्हाट्सऐप के जरिए फर्जी संदेश भेजने की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई कंपनी ने कहा है कि वह क्विकफॉवर्ड बटन को ही हटा देगी व्हाट्स ऐप को फर्जी समाचारों और झूठी सूचनाओं के प्रसार के मुद्दे पर भारत सरकार से फटकार पड़ी है सरकार ने कल उसे दूसरा नोटिस भेजा और इस समस्या का हल निकालने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा था

न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने सीबीएसई की याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही नोटिस जारी किया

उनकी मांग है कि डीजल की कीमतों और टोल टैक्स में कमी की जाए

हडताल के कारण प्रदेश में भी ट्रकों का चक्का जाम रहा

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने दीप प्रज्जवलित कर बैठक का उदघाटन किया बैठक में प्रदेश भाजपा के संगठन पदाधिकारियों के अलावा मंत्री विधायक और सांसदों सहित भाग ले रहे हैं इस बैठक में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति सहित अन्य मुद्दों पर मंथन होगा कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सूचना प्रसारण और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन भी कल जयपुर पहुंच रहे है श्री शाह दोपहर एक बजे जयपुर पहुंचेगें और इसके बाद प्रदेश कार्य समिति के समापन समारोह को सम्बोधित करेंगे इसके बादे वे राजस्थान के भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे श्री शाह शाम को सोशल मीडिया वॉलेन्टियर्स मीट में भी अपना संबोधन देंगे और देर शाम भाजपा कोर ग्रुप तथा चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए भाजपा की प्रदेश इकाई ने व्यापक तैयारियां की है शहर में जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए है

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गोपालदास नीरज के निधन पर शोक प्रकट किया है

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक सिंघल ने आज जयपुर में बताया कि नगर निगम में एयर कंडीशनर खरीद मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी की छानबीन के बाद यह कार्यवाही की गई है

उदयपुर और सिरोही में दिन में तेज बारिश का दौर जारी रहा सिरोही में इस कारण सड़कों पर पानी भर गया वहीं माउन्ट आबू के झरनों में पानी बहने लगा सवाईमाधोपुर में हुई तेज बारिश से लेटिया नाले में पानी के तेज बहाव के कारण जिला मुख्यालय का आसपास के गांवों से संपर्क कट गया उधर पाली जिले के बाली उपखंड के नाना कस्बे के पास नाना नदी के पुल से मिट्टी बहने से वो क्षतिग्रस्त हो गया जहां सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए है

प्रतापगढ़ में दिनभर बरसात हई जबकि ब्रंदी वनस्थली अलवर पिलानी सीकर कोटा चित्तौडगढ बाड़मेर चूरू गंगानगर भरतपुर में हल्की बरसात की खबर है